श्री मोदी ने सम्मान के लिए अमारात के राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिये चुनाव प्रचार में आई तेजी विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपने प्रत्याशियों के पक्ष में कर रहे हैं रैलियां और जनसभाएं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिये नामांकन दाखिल करने की समय सीमा कल हुई समाप्त नामांकन पत्रों की जांच आज की जायेगी जबकि आठ अप्रैल तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे

संयुक्त अरब अमारात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को प्रतिष्ठित जायेद मैडल पुरस्कार से सम्मानित करेगा यह सम्मान राजाओं शासनाध्यक्षों और राष्ट्राध्यक्षों को प्रदान किया जाता है श्री मोदी को यह सम्मान भारत और संयुक्त अरब अमारात के बीच दीर्घकालिक मित्रता तथा संयुक्त कूटनीतिक सहयोग को मजबूत करने में सराहनीय योगदान के लिए दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस सम्मान के लिए संयुक्त अरब अमारात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायेद अल नाहायन को धन्यवाद दिया है टवीट कर श्री मोदी ने कहा कि वे पूरी विनम्रता के साथ यह सम्मान स्वीकार करते हैं प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिये चुनाव प्रचार तेज हो गया है भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मुजफ्फरनगर जिले की बिजनौर लोकसभा सीट के प्रत्याशी भारतेन्द्र सिंह के समर्थन में आयोजित रैली को संबोधित किया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनायेगी उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था में काफी सुधार आया है और जनता का विश्वास जीतने में पार्टी सफल हुई है उन्होंने रैली के दौरान कैराना पलायन का मुद्दा भी उठाया भाजपा नेता और केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कल अपने दो दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची अमेठी के सलोन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उन्होंने देश में पचपन साल तक राज किया लेकिन कभी भी किसानों की सुधि नहीं ली उन्होंने कांग्रेस द्वारा अपने घोषणा पत्र में देशद्रोह कानून खत्म किये जाने का बादा करने पर कहा कि देश की जनता राष्ट्र विरोधी लोगों का कमी समर्थन नहीं करेगी और चुनाव में उन्हें सबक सिखायेगी

भाजपा अध्यक्ष ने सुल्तानपुर के लम्मुआ में विजय संकल्प पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में कहा कि विपक्षी दल भ्रष्टाचार से बचने के लिये एकजुट हो गये है

विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में रैलियां और जनसभाएं कर मतदाताओं को लुमाने का प्रयास कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अमरोहा और सहारनपुर में विजय संकल्प जनसभाओं को संबोधित करेंगे निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारतीय सेना के बारे में टिप्पणी करने के लिए आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन पर आज तक जवाब देने को कहा गया है उप निर्वाचन आयुक्त चंद्रभूषण कुमार ने कल नई दिल्ली मीडिया को बताया कि आयोग ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को नोटिस जारी किया है उधर मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी चौधरी अजीत सिंह और भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान सहित दस उम्मीदवारों को चुनावी व्यय से संबंधित ब्यौरा समय से उपलब्ध न कराने पर नोटिस जारी किया गया है

लोकसभा चुनाव के लिये उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से तैयार है और निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के लिये कई स्तरीय सुरक्षा इंतजाम कर रही है

चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हम लोगों ने जितने भी क्रीट मैलिटी फैक्टर्स है और मैपिंग है उन सबको हम लोगों ने देख लिया है और जितने भी दिशा निर्देश है उनका पालन हम लोगों ने किया है हमने जितने भी पॉटिशयल फर्म मेकर्स है उनके विरूद्ध कार्यवाही किया है और सबसे बड़ी चीज है इस बार में चुनाव में हमने मल्टीलेयर्ड प्रिविटेव एक्शन लिये है उदाहरण के तौर पर हमने जो मनविक्टिड क्रिमनल है और दो अण्डर ट्रायलर्स है उन सबको संबंध में जो इस प्रकार के आरोपी जमानत पर है उन सभी को हमने सुरक्षा का बाण्ड भरने के लिये कहा है लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिये प्रदेश में दस सीटों पर नामांकन दाखिल करने की समय सीमा कल शाम समाप्त हो गई नामांकन पत्रों की जांच आज की जायेगी और आठ अप्रैल तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे नामांकन के आखिरी दिन कल बदायूं से भाजपा प्रत्याशी संघमित्रा मैर्य सहित सोलह लोगों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किये संघमित्रा मैर्य भाजपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है पीलीभीत में कल नामांकन के आखिरी दिन नौ प्रत्याशियों ने अपने पर्चे भरे इस सीट पर अब तक सोलह प्रत्याशियों के नामांकन हो चुके हैं मैनपुरी में भाजपा प्रत्याशी प्रेम सिंह शाक्य ने कल अंतिम दिन अपना पर्चा भरा तीसरे चरण में मुरादाबाद रामपुर संभल फिरोजाबाद मैनपुरी एटा बदायूं आंवला बरेली और पीलीमीत संसदीय सीट पर तेईस अप्रैल को मतदान कराया जायेगा तीसरे चरण में चुनाव लड़ने वाले मुख्य उम्मीदवारों में मैनपुरी से सपा के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव बरेली से भाजपा के वरिष्ठ नेता संतोष गंगवार बदायूं से सपा के धर्मेन्द्र यादव रामपुर से भाजपा की जया प्रदा मुरादाबाद से सपा के एसटी हसन और संगल से कांग्रेस के मेजर जगतपाल सिंह शामिल है इस चरण के दस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक करोड़ छिहत्तर लाख मतदाता है जिनमें पंचानवें लाख पचास हजार पुरूष मतदाता अस्सी लाख नौ हजार महिला तथा नौ सौ तिरासी थर्ड जेंडर के मतदाता है इन क्षेत्रों में च्नाव के लिये बारह हजार एक सौ अट्ठाईस मतदान केन्द्र तथा बीस हजार एक सौ दस मतदेय स्थल बनाये गये हैं गोरखपर से वर्तमान सांसद और निषाद पार्टी के उपाध्यक्ष प्रवीण निषाद कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गये हैं

पिछले साल गोरखपुर में हुए लोकसभा उप चुनाव में समाजवादी पार्टी ने निषाद पार्टी से गठबंधन कर प्रवीण निषाद को अपना उम्मीदवार बनाया था प्रवीण निषाद के साथ निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी भाजपा में शामिल हो गये हैं उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रवीण निषाद के भाजपा में शामिल होने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है कि यह भाजपा के लिये घाटे का सौदा होगा क्योंकि जनता ने गोरखपुर उपचुनाव में सांसद को नहीं बल्कि एकजुट हुए महागठबंधन को जिताया था उच्चतम न्यायालय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म की रिलीज को लोकसभा चुनाव की समाप्ति तक टालने संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है कांप्रेस के एक नेता ने याचिका दायर कर कहा है कि यह फिल्म दर्शकों और मतदाताओं को लुभाने और प्रभावित करने के इरादे से बनाई गई है फिल्म के निर्माता ने कहा है कि आज होने वाली फिल्म की रिलीज को अगली सुचना तक स्थगित कर दिया गया है उधर निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वह इस फिल्म के रिलीज के बारे में आज वह अंतिम निर्णय लेगा पन्द्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह ने कहा है कि केन्द्र राज्य कित्तीय उपायों की एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था की आवश्यकता है वे कल नई दिल्ली में सरकार के स्तरों पर कितीय संबंधों के बारे में सम्मेलन में बोल रहे थे श्री सिंह ने कहा कि राज्यों के लिए निष्पादन आधारित कोष बनाने के बारे में और अधिक काम करने की आवश्यकता है

उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं

इन पोस्टरों को सार्वजनिक स्थानों पर जगह जगह लगवाकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है ताकि वे अपने दिये मत की पहचान कर सके कि जिस प्रत्याशी को उसने वोट दिया है वह मत उसी प्रत्याशी को ही गया है उन्होंने बताया कि वीवीपैट ईवीएम से जुड़ी एक मशीन है जिसके द्वारा मतदाता अपने वोट का सत्यापन कर सकते हैं